श्री मोदी ने टेलीविजन पर प्रसारित सम्बोधन में कहा कि सरकार ने रोजगार सुजन के लिए चार क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है ये हैं कृषि बुनियादी ढांचा वस्त्र और प्रौद्योगिकी

नई दिल्ली में आम बजट पेश करने के बाद कल संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आयकर प्रक्रिया को आसान बना कर अनुपालन बढ़ाना चाहती है श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार को उपभोक्ता मांग निजी निवेश और सार्वजनिक व्यय को बढावा देने के लिए वित्तीय घाटे के लक्ष्य को आधा प्रतिशत कम करना पड़ा उन्होंने कहा कि यह निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि वित्तीय दायित्व और बजट प्रबन्धन के उल्लंघन के बिना राजस्व पर और दबाव नहीं डाला जा सकता था

वहीं सिगरेट तंबाकू उत्पाद फूटवियर फर्नीचर चिकित्सा उपकरण मिक्सी पंखे वाटर हीटर हेयर ड्रायर गददे और लैम्प जैसे उत्पाद मंहगें हो गए है

ये प्रदेश से भी होकर गुजरेगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले के चार दोषियों की फांसी पर रोक को चुनौती देने वाली केन्द्र की याचिका पर दोषियों से जवाब मांगा है इन लोगों को कल फांसी दी जानी थी उच्च न्यायालय आज फिर इस मामले में सुनवाई करेगा न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने चारों को नोटिस जारी किया है और तिहाड़ जेल के अधिकारियों से केन्द्र की याचिका पर उनका जवाब मांगा है